मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का किया वितरण कोरोना महामारी से जंग जारी रखने की बात कही

और हिमालय के क्षेत्र में लगातार हो रही बर्फबारी और वहां से आने वाली सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ायी अभी दो तीन दिनों तक नहीं मिलेगी राहत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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे आत्मानिर्भर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आयें उन्होंने कहा कि हम सबको नया भारत बनाने के लिए सभी मतभेदों को भुलाकर काम करना चाहिए प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार जाति और धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव किये बिना सबके कल्याण के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है उन्होंने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से राष्ट्री निर्माण में योगदान करने की अपील की

उन्होंने कहा कि सरकार ने मुस्लिम बालिकाओं में शिक्षा को बढावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि सौ वर्षों में एएमयू ने कई देषों से भारत के संबंधों को सषक्त करने का भी काम किया

अमरीका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया श्री मोदी को उच्चतम स्तर के मुख्य कमांडर के तौर पर लीजन ऑफ मैरिट पुरस्कार दिया गया जो किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को ही दिया जाता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम सड़क मार्ग से दुमका से बरहेट पहुंचने के बाद बरहेट तीन मुहानी चौक पर सिदो कान्हू के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया बाद में वे भोगनाडीह पहुंचे और वहां सिदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण की और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की श्री सोरेन ने तलबडिया आवासीय कार्यालय पहुंचने के बाद जेएसएलपीएस और अन्य विभागो के लाभुको के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया

ग्राम प्रधानों को मुख्यमंत्री की ओर से पट्टा वितरित किया गया जबकि मुख्यमंत्री ने सुकन्या योजना के तहत लाभुकों को भी चेक प्रदान किया मुख्यमंत्री आज साहिबगंज जिले में अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट और सुंदरपहाड़ी के कार्यकर्त्ताओं साथ बैठक कर उनकी समस्याएं सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में बाघों और शेरों की संख्याम बढने के बाद अब तेंद्ओं की संख्याश में भी वृद्धि हुई है

श्री मोदी ने कहा कि हमें इन प्रयासों को जारी रखना होगा और जीव जन्तुषओं के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना होगा

वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर संतानब्बे दषमलव छह दो प्रतिशत तक जा पहुंची है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अनुसार राज्य में अब तक एक लाख दस हजार पांच सौ बारह लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

देश में कुल सक्रिय मामले दो दशमलव नौ शून्य प्रतिशत है

मंत्रालय ने बताया है कि टैस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीति अपनाने से स्वस्थ होने की दर बढी है और मृत्यु दर में कमी हुई है वर्तमान में मृत्यु दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत हो गई है

केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोविड टीकाकरण के प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूह वाले लोगों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाये जाएंगे

टीकाकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में स्वास्थ मंत्रालय ने बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर तैयार किये हैं हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टीके लगाने के लिए पात्र लोगों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए उस स्वास्थ्य केन्द्र और तारीख की जानकारी दी जाएगी जहां उन्हें टीका लगाया जाएगा ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लाभार्थियों को पंजीकरण और टीकाकरण में किसी तरह की परेशानी न हो

गृह मंत्री अमित शाह उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष होंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रंद्वाजलि के तौर पर यह आयोजन किया जा रहा है समिति में अनेक विशेषज्ञ इतिहासकार लेखक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिवारजन तथा आजाद हिंद फौज से जुड़े जाने माने लोग सदस्य के रूप में शामिल होंगे यह समिति दिल्ली कोलकाता तथा भारत और विदेशों में नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े स्थानों में गतिविधियां आयोजित करने के बारे में मार्गदर्शन करेगी हिमालय के क्षेत्र में लगातार बर्फबारी हो रही है और इस कारण वहां से आने वाली सर्द हवाओं से राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ रही है रांची में कनकनी बढ़ गई है राज्य के दूसरे जिलों का भी ऐसा ही हाल है इन सर्द हवाओं का असर गढ़वा पलामू चतरा कोडरमा हजारीबाग गिरिडीह धनबाद और रांची में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है मौसम विभाग के अनुसार यह स्थिति अभी दो तीन दिनों तक बरकरार रहेगी

संक्षिप्त खबरें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार के प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर पलामू के उपायुक्त ने आज विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की धनबाद जिले के झरिया के सुदामडीह थाना क्षेत्र स्थित लोको बाजार के पास एक ट्रक कल देर षाम एक साइकिल सवार को कुचल दिया